आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वायरस लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता और किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानकारी होने के बावजूद चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वाटसऐप से सम्पर्क कर हेल्पडेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में सूचनाएं दी जा सकें

इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाएं बंद कर दिये गये ह लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की दुकानों पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है

उन्हाने एक पोस्टर दिखाया जिसमें बताया गया है कि कोरोना का अर्थ कोई रोड पर ना निकलो है श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन प्रत्येक राज्य केन्द्र शासित प्रदेश प्रत्येक गांव मोहल्ला और सड़कों पर लागू हो रहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह और जनता कफ्य से भी अधिक कड़ा होगा मोदी ने कहा कि यह लॉकडाउन प्रधानमंत्री से लेकर गांव में एक व्ययक्ति तक सबके लिए है

मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए ये कड़े उपाय आवश्यक हैं केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और अंतर राज्यों में आवश्यक वस्त्रओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्माण प्रक्रिया परिवहन वितरण संग्रह और लॉजिस्टिक्स संबंधित सभी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें

मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य और केन्द्र शासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेगी वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों का भरोसा दिलाया है कि सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और इसे लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा

लोगों को घर के अन्दर ही रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है आर दूध फल सब्जियों जैसे वस्तुएं देशबंदी के दौरान लोगों के घरों तक पहुंचायी जाएंगी इस काम के लिए सरकार ने दस हजार वाहन तैयार किए हैं

सरकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उन तक की जायेगी

इसके अलावा सांसद ने इस आपदा से बचाव के लिये प्रधानमंत्रो राहत कोष में अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा की है

आस्था और विश्वास का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई लेकिन संक्रमण के प्रकोप के कारण उत्साह फीका नजर आ रहा है लोग अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चन कर रहे हैं प्रदेश के सभी मंदिरों को पहले ही बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को चैत्र नवरात्रि की बधाई देते हुए लोगों से घरों में रहकर ही पूजा उपासना करने की अपील की है अयोध्या में विभिन्न साधु संतों ने भी श्रद्धालुओं से अयोध्या नहीं आने का अनुरोध किया है